इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए जयराम ठाकर ने कहा कि प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम केवल रस्म तक सीमित न रहे इसके लिए सरकार कई बिन्दुओं पर विचार कर रही है उन्होंने कहा कि अगर हर व्यक्ति एक पेड़ को अपना गोत्र मान ले तो निश्चित तौर पर नई शुरूआत हो सकती है मुख्यमंत्री ने सिक्किम में चलाए जा रहे पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की सराहना करते हुए हिमाचल में भी वन संरक्षण के लिए विभिन्न कदम उठाने की बात कही जयराम ठाकुर ने बच्चों से पर्यावरण को लेकर अपने स्तर पर आगे आने का आह्वान किया उन्होंने नाहन भाजपा मंडल अध्यक्ष दीनदयाल वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक से वन संरक्षण को लेकर एक कविता भी पढ़ी इस मौके विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सांसद वीरेन्द्र कश्यप और विधायक सुरेश कश्यप सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद नीति आयोग नीति आयोग ने हिमाचल और आंध्रप्रदेश की तर्ज पर शून्य लागत प्राकृतिक कृषि मॉडल को व्यवहारिक बनाने के लिए सभी राज्यों का आहवान किया है इसके लिए आयोग हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगा नई दिल्ली में कल शाम शून्य लागत प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने ये जानकारी दी सम्मेलन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए

इससे कृषि की लागत में कमी आने से किसानों के मुनाफे में वृद्धि होगी

इस मौके राज्यपाल ने शून्य लागत प्राकृतिक खेती से संबंधित विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत किए और इसके महत्व पर प्रकाश डाला निगम बैठक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मंडल की एक बैठक आज शिमला में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहायक कम्पयूटर प्रोग्रामर के दो पद आउटसोर्स आधार पर नायलेट के माध्यम से भरने की मंजूरी दी गई

सरवीण चौधरी कांगड़ा ज़िला के धनोट् स्थित वाहिनी प्रशिक्षण केन्द्र में गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा तृतीय प्रशिक्षण शिविर आज सम्पन्न हुआ समापन समारोह में बतौर मुख्यातिथि शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि कानून व्यवस्था और आपातकाल में गृह रक्षकों का सराहनीय योगदान है उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में गृह रक्षक मेहनत और सेवाभाव से कार्य करते रहेंगे सरवीण चौधरी ने उत्कृष्ट गृह रक्षक अधिकारियों व जवानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और प्रशिक्षण केन्द्र परिसर का निरीक्षण भी किया

हिमऊर्जा विकास अधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत उपदान की राशि हिमऊर्जा के माध्यम से सीधी उपभोक्ता के खाते में जमा की जाएगी और इसकी अधिसूचना सरकार द्वारा जारी कर दी गई है प्रवक्ता ने बताया कि ये उपदान केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले उपदान के अतिरिक्त होगा सम्मान बैंकॉक से रजत पदक जीतकर लौटी धाविका सीमा को आज धर्मशाला में उपायुक्त संदीप कुमार ने सम्मानित किया सांई हॉस्टल धर्मशाला की एथलिट सीमा मूलरूप से चंबा जिला का रेटा गांव की रहने वाली है

इस मौके मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र और खेल मंत्री गोविन्द सिंह ठाक्र ने फोन पर सीमा को बधाई देकर हौंसला बढ़ाया उन्होंने सरकार की तरफ से हरसंभव सहायता का आश्वासन भी दिया जयंती प्रदेश कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम की जयंती का राज्यस्तरीय समारोह कल कांगड़ा जिले के नगरोटो बगवा में आयोजित किया जाएगा अकादमी के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान लेखक गोष्ठी आयोजित की जाएगी जिसमें बाबा काशीराम के व्यक्तिव पर शोध पाठ पढ़ा जाएगा इसके अलावा कहानी व कविता पाठ भी किया जाएगा